प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली और प्रयागराज के एक दिवसीय दौरे के दौरान विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के साथ साथ जनसभाओं को भी संबोधित किया

श्री मोदी ने कहा कि रायबरेली रेल डिब्बा कारखाना जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र बन जायेगा बाइट आने वाले समय में रायबरेली रेल कोच निर्माण के मामले में एक ग्लोबल हब बनने वाला है कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए देश के लोगों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए रेलवे के अलावा हाई वे एयर वे वाटर वे और आई वे हर क्षेत्र पर तेज गति से काम किया जा रहा है

प्रधानमंत्री ने कहा पहले की सरकारो ने रायबरेली में विकास पर ध्यान नहीं दिया लेकिन मौजूदा केन्द्र सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है आर यहां तेजी से विकास कार्य किये जा रहे हैं राफेल सौदे का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने काग्रेस पर आरोप लगाया कि वह व्यक्तिगत लाभ के लिए झूठी बातें फैला रही है और देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर रही है बाइट क्यों देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है आज देश के सामने दो पक्ष हैं एक पक्ष सत्य का है सुरक्षा का है सरकार का है जो हर तरह से कोशिश कर रही है कि हमारी सेना की ताकत बढ़े दूसरा पक्ष उन ताकतों का है जो किसी भी कीमत पर देश को कमजोर करना चाहता है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश रक्षा बलों क प्रति पिछली सरकार के रवैये को कभी नहीं भूलेगा और न ही माफ करेगा वन रैंक वन पेंशन का विषय भी तो चालीस साल से लटका हुआ था इसे भी हमारी सरकार ने पूरा किया ग्यारह हजार करोड़ रूपये से ज्यादा की राशि एरियर के तौर पर पूर्व सैनिकों को फौजियों को मिल भी चुकी है साथियो कांग्रेस के राज में न जबान की परवाह की जाती है न किसान की परवाह की जाती है इससे पहले श्री मोदी ने इस आधुनिक कारखाने का निरीक्षण किया

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रयागराज गये जहां उन्होंने कुंभ दो हजार उन्नीस के निर्माण कार्यो का निरीक्षण करने के साथ चार हजार करोड़ रूपये से अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया प्रयागराज पहॅचने के बाद श्री मोदी ने सबसे पहले संगम तट पर गंगा आरती की और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विश्व कल्याण देश में शांति के लिए पूजा अर्चना की उन्होंने संगम तट पर साधु संतो से मुलाकात की

इसके बाद प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला परिसर में बने अत्याधुनिक एकीकृत नियंत्रण और कमान केन्द्र का उद्घाटन किया इस दौरान कभ की तैयारियों को लेकर तैयार की गई डाक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग ऑफ द कुंभ और नमामि गंगे की एक झलक भी प्रदर्शित की गई प्रधानमंत्री ने संगम तट पर अक्षय वट के भी दर्शन किये इसके बाद झूसी के अंदावा में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रयागराज की पवित्र भूमि के कण कण में मनीषियों की दिव्यता का संचार है इसका आभास यहां आने वाले लोगों को होता है उन्होंने कहा इस बार यहां अर्द्वकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए संगम तट के सभी रास्तों को सुगम बनाया गया है उन्होंने कहा कि इस बार सभी श्रद्वालु अक्षय वट के दर्शन कर सकेंगे बाइट अर्द्वकुम से पहले मैं यहां आया हूं तब मैं आप सभी को देश में हर जन से एक खुशखबरी भी देना चाहता हूं इस बार अर्द्धकुंभ में सभी श्रद्धालु अक्षय वट में दर्शन कर सकेंगे कई पीढ़ियों से अक्षयवट किले में बंद था लेकिन इस बार यहां आने वाला हर श्रद्धालु प्रयागराज की त्रिवेणी में स्नान करने के बाद अक्षयवट के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त कर सकेगा इतना ही नहीं अक्षयवट के साथ सरस्वती कुंभ दर्शन के भी अब उसके लिये संभव हो पायेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि इस बार यहां दुनिया भर से आने वाले लोगों को कुंभ के माध्यम से भारत के गौरवशाली अतीत आर उसकी भव्यता देखने को मिलेगी उन्होंने कहा कि विश्व के तमाम लोगों को अर्द्वक्भ में आने के लिए न्यौता दिया गया है जो कुंभ की वश्विक लोकप्रियता बढ़ाने में सहायक होगी उन्होंने कहा क्रंभ का पर्व भारत और भारतीयता का सबसे बड़ा प्रमाण है प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्द्वकुंभ का आयोजन सिर्फ साज सज्जा नही बल्कि देश की प्रतिष्ठा का भी सवाल है उन्होंने कहा कि भारत की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान से है प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में बमरौली एयरपोर्ट के नये टर्मिनल का आज उद्घाटन भी किया यह टर्मिनल ग्यारह महीने में बनकर तैयार हुआ है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

ग्रहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पूरे दश में और विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है

भारत और पाकिस्कतान के बीच उन्नीस सौ इक्हत्तर के युद्ध में आज के दिन भारत को मिली विजय के उपलक्ष्य में राष्ट्र आज विजय दिवस मना रहा है इस अवसर पर प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है

इस युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान का बंगलादेश के रूप म उदय हुआ था

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैंकेयानायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सूचना एवं प्रसारण तथा खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जांबाज सैनिकों को श्रद्वांजलि अर्पित की

उन्होंने कहा कि राष्ट्र अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के प्रति कृतज्ञ है उपराष्ट्रपति वैंकेयानायडू ने अपने ट्वीट सन्देश में लोगों से बहादुर सैनिकों के शौर्य और निःस्वार्थ बलिदान को याद रखने का आह्वान किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि शहीदों की देशभक्ति और साहस ने पूरे देश की सुरक्षा सुनिश्चित की है

सूचना एवं प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवधन राठौड़ ने ट्वीट संदेश में कहा कि सशस्त्र बलों का साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने विजय दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम से एक विशेष मैराथन दौड़ रवाना की मैराथन का आयोजन शहीद और घायल सैनिकों के सम्मान में किया गया

समाप्त